एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हर क्षेत्र का समान विकास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है और सरकार का एक मात्र उददेश्य प्रतिशोध व बदले की भावना के बिना राज्य का विकास करना है

विदेश में फंसे मण्डी जिले के नौजवानों को सुरक्षित वापिस लाने के बाद मुख्यमंत्री ने फर्जी ट्रैवल एजेंटों पर शिकंजा कसे जाने का दावा भी किया

किशन कपूर ने सत्र के दौरान कानून व यातायात व्यवस्था को द्रूस्त बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के प्रस्तावित जनसभा स्थल व विधानसभा परिसर का निरीक्षण भी किया

उन्होंने कहा कि गृह रक्षा के जवान प्रदेश में आपात कालीन सेवाओं में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं जो एक सचे प्रहरी की निशानी है इस मौके पर उन्होंने गृह रक्षा परिसर में मैदान निर्माण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश दिए इधर शिमला के समीप स्थापित संयुक्त प्रशिक्षण संस्थान सरघीण में भी इस मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि भारतीय शिक्षा पद्धति छात्रों को अपने परिवेश की जानकारी के साथ साथ नैतिक मूल्यों व संस्कारों को आत्मसात करने पर भी बल देती हैं वे आज सोलन जिले के बददी स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक पारितोषिक कार्यकम में बोल रहे थे शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में सरकार के साथ साथ निजी शिक्षण संस्थानों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है उन्होंने छात्रों से राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित बनाने और बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आगे आने का आहवान किया चिकित्सा संस्थान प्रदेश सरकार राज्य में पैरा चिकित्सा विज्ञान संस्थान खोलने पर विचार कर रही है और इस संबंध में एक प्रस्ताव केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने आज शिमला में विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी

बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि वार्षिक समारोह किसी भी शैक्षणिक संस्थान की वार्षिक उपलब्धियों का दर्पण होता है और इससे विद्यार्थियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है नाहन क्षेत्र की वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सूरला के वार्षिक प्रस्कार समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षण संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं के सृजन के साथ साथ गुणात्मक शिक्षा पर बल दे रही हैं इस मौके पर बिदंल ने विद्यार्थियों का आहवान किया कि वे नशे से दूर रहकर देश के विकास में अपना बहमूल्य योगदान दें

ये दिन महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है शिमला स्थित चौड़ा मैदान में मुख्य मंत्री जयराम ठाकुर ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडर की प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित किए मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर गरीबों व दलितों के मसीहा कहें जाते है और उन्होंने राष्ट्र की बेहतरी के लिए बड़ा योगदान दिया है जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर सदैव ही समाज के सभी वर्गों के समान अधिकारों के लिए कार्य किया है